भारत और बंगलादेश ने एक समझोते पर हस्ताक्षर किए हैं जिस अनुसार भारत बांगलादेश में तटीय निगरानी रडार सिस्टम स्थापित करेगा दोनो देशों ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना की बातचीत के बाद नई दिल्ली में सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए दोनो प्रधानमंत्रियों ने तटीय निगरानी पर रडार कायम करने और सुरक्षा गठबंधन करने का स्वागत किया इससे समुद्र के रास्ते आतंकवाद को रोकने में सहायता मिलेगी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पटाखों के कारण हए प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों को बनाने के लिए एक नया तथा उन्नत तरीका निकाला है

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट तथा इंडियन पीनल कोड दोनो के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है सर्वोच्च अदालत के दोहरे बैंच ने कहा है कि इंडियन पीनल कोर्ड की धारा के तहत उल्लंघन करने वालों को ज्यादा कड़ी सजा दी जा सकती है ताकि गलती करने वालों को सबक सिखाया जा सके पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि रोजाना बढ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गलती करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोहरे बैंच के न्यायाधीश जस्टिस इंद् मल्होत्रो ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत ने समय समय पर दिए गए फैसलों में दुर्घटनाओं के जिम्मेदार व्यक्तियों को सख्ती से पेश आने की व्यवस्था की है

तीन उमीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापिस ले लिए हैं अंबाला छावनी से जेजेपी के उमीदवार गुरपाल सिंह माजरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं हमारे अंबाला से संवाददाता ने बताया है कि मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गुरपाल सिंह माजरा का स्वागत किया है यमुनानगर के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त की जाने वाली विभिन्न स्वीकृतियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा ऐप स्थापित की गई है उपायुक्त ने बातया कि चुनाव आयोग ने ऐसा प्रावधान किया है कि विधानसभा चुनाव में कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकता है

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने साईबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध रोकने के लिए सलाह दी है कि अपने बैंक खातों का ख्याल रखें उनमें लंबे समय तक लेन देन किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि साईबर अपराधा करने वाले इन खातों का दुरूपायोग कर सकते हैं मधुबन में दो दिवसीय कार्यशाला में बोलते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बैंक या व्यक्तिगत विवरण प्रछने वाली या इनाम लाटरी या हाली डे पैक जैसे लाभ देने वाली फोन कॉल आए तो उन पर तुरंत प्रतिकिया से बचें उन्होंने कहा कि अपनी सूझ बूझ से इन धोखेबाजों से बचना चाहिए तथा अपने पारिवारिक सदस्यों को भी आगाह करना चाहिए उन्होंने कहा कि हरियाणा में साईबर अनुसंधान अधिकारियों की सहायता को लिए गुरूग्राम मे डायटैक लैब तथा पंचकूला में साईबल पुलिस स्टेशन बनाया गया है उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि साईबर और वित्तीय जाबाजी के मामले के शिकायत कर्ता की बात प्राथमिकता के साथ सुनें दूर्गा अष्टमी या महा अष्टमी का पर्व आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में दुर्गा अष्टमी पूरे धार्मिक हर्षोल्लास से मनाई जा रही है वहीं गुजराज में भी नवरात्री पर्व डांडिया व गरबा खेल कर मनाया जा रहा है इस मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महा अष्टमी पर्व के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को बधाई दी हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आश्विन नवरात्र के आठवें दिन आज माता मनसा देवी मंदिर में प्रजन एवं यज्ञ में भाग लिया तथा दुर्गा अष्टमी के अवसर पर कन्याओं का भी पूजन किया उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश वासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी

यमुनानगर में भी दुर्गा अष्टमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया प्राचीन श्री देवी भवन मंदिर जगाधरी संतोषी माता सिद्ध पीठ दुर्गेश्वरी मंदिर बूडिया छछरौली और अन्य कई मंदिरों में सारा दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही लोगों ने कंजकों को भोजन कराकर व्रत खोला अम्बाला जिला में आज अष्टमी का त्यौहार ध्रमधाम से मनाया गया आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी मंदिरों में भक्तों ने माथा टेकते हुए मनतें मांगी आज कन्या प्रजन भी किया गया और नवरात्रों के अवसर पर मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है

इससे पूर्व शहर भर में शोभायात्रा निकाली गई जिसका विभिन्न चौक चौराहों पर श्रद्वालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया इस दौरान शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान रघुजीत सिंह विक सहित कई प्रमुख नेता नगर कीर्तन के साथ मौजूद रहे नगर कीर्तन डेरा कार सेवा से होते हुए कमेटी चौंक हंसी चौंक रेलवे रोड से होते हुए असंध की तरफ रवाना हआ पंचकूला स्थित ऐतिहासिक गुरूद्वारा नाडा साहिब से पांच प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया